उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बाद के समय में इसका स्वरूप समकालीन विश्व की वास्तविकता को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने परिषद् की कार्यसूची तय करने में अपनी भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य विकासशील देशों की भी मदद कर रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने कई देशों के धैर्य की परीक्षा ली है प्रधानमंत्री ने कहा कि निचले स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य स्विधाओं के कारण भारत में कोरोना से म्क्त होने की दर काफी अच्छी है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना म्क्ति को एक जन आंदोलन का रुप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है

वहीं तीन लोगों की मौत हो चुकी है

अपर स्बनसिरी जिला प्रशासन ने ईटानगर से लौटने वाले सभी लोगों के लिए संस्थागत क्वारेंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया है

आज शाम बेवनार के जरिए संवाददाताओं को संबोध्ति करते हए श्री पार्थिबन ने कहा कि राजधानी क्षेत्र ईटानगर में संक्रमण के मामले पांच दिनों में द्गने हो रहे है उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों की तेजी से पहचान करने के लिए रेपिड टेस्ट की क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अब राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों जिनमें अर्धसैनिक बल लोग भी शामिल है सभी का रेपिड एंटिजन टेस्ट किया जाएगा क्योंकि इसके जांच के परिणाम जल्द ही मिल जाते है इस संबंध में नए दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे उन्होंने बताया कि राज्य में तीन और कोविड जांच लैब स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है जबकि सैंपल की जांच के लिए बारह और ड्रूनेट मशीने मगाई जा रही है